मास्क पहनें दो गज़ की दूरी है जरूरी सुरक्षित दूरी बनाए रखें हाथ और मुंह साफ रखें

जिला परिषद चुनाव में अजमेर ब्रंदी टोंक पाली झालावाड चित्तौडगढ तथा भीलवाडा में भाजपा को स्पष्ट बहमत मिला है वहीं हनुमानगढ बांसवाडा प्रतापगढ तथा जैसलमेर में कांग्रेस के जिला प्रमुख बनना तय है

इसी तरह जालौर में पांच में भाजपा चार में कांग्रेस बुंदी में तीन में भाजपा दो में कांग्रेस बांसवाडा में सात में कांग्रेस तीन में भाजपा बीकानेर में तीन में कांग्रेस और एक में भाजपा को स्पष्ट बहमत मिला है यहां तीन स्थानों पर पंचायत समितियों में भाजपा और कांग्रेस बराबर रहे है

उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्षी दल इन कानूनों को लेकर किसानों के बीच भ्रम फैला रहे हैं नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि विपक्ष इस मुद्दे पर राजनीति कर रहा है श्री जावड़ेकर ने कहा कि ये कानून किसानों के हित में है उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में भी कृषि से संबंधित कानून लाने का उल्लेख किया था

इस बीच केन्द्र सरकार नये कृषि कानूनों के संबंध में उपजे गतिरोध को समाप्त करने के लिए कल किसान संगठनों के साथ वार्ता करेगी

उन्होंने कहा कि कोविड महामारी के दौरान मोबाइल प्रौद्योगिकी के माध्यम से समाज के गरीब और कमजोर वर्गो को मदद प्रदान की गई उन्होंने कहा कि भारत मोबाइल तकनीक की मदद से द्निया का सबसे बड़ा कोविड टीकाकरण अभियान शुरू करेगा आज इंडिया मोबाइल कांग्रेस के चौथे संस्करण को संबोधित करते हए श्री मोदी ने कहा कि मोबाइल तकनीक की मदद से लाखों भारतीयों को करोड़ों डॉलर का लाभ हुआ है

आज दोपहर बाद नई दिल्ली में मीडिया को जानकारी देते हुए स्वास्थ्य मंत्रालय के सचिव राजेश भूषण ने बताया कि टीके के उत्पादन की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और टीके की खुराक को देश में हर एक व्यक्ति को जल्द से जल्द सुलभ कराने के लिए खाका भी तैयार कर लिया गया है उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि टीकाकरण सिर्फ राज्यों और केंद्र की जिम्मेदारी नहीं है बल्कि इसमें जनता की भी पूरी भागीदारी होनी चाहिए

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और अन्य नेताओं ने उनके निधन पर गहरी संवेदना जताई है

यहां निरीक्षण के दौरान निर्धारित सौ मेहमानों की बजाय ढाई सौ लोग मिले थे नगर निगम ने शादी समारोह के औचक निरीक्षण के लिए दस दलों का गठन किया है

अतिरिक्त मुख्य सचिव रोहित कुमार सिंह ने बताया कि सरकार ने मनरेगा के तहत श्रमिकों को पूरा काम और उसकी पूरी मजदूरी देने के उद्देश्य से ये अभियान चलाने का निर्णय लिया है इस बारे में सभी जिला कलेक्टरों को निर्देश दिये गये है अभियान का व्यापक प्रचार प्रसार करने के भी निर्देश दिये गये हैं जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस अभियान का फायदा पहुंचाया जा सके मनरेगा कार्यो के दौरा कोविड गाइड लाइन की पालना सुनिश्चित की जायेगी

श्री मिश्र ने आज राजभवन से एक ऑनलाईन समारोह मे शैक्षिक संस्थानों का भी आह्वान किया कि वे ऐसे पाठ्यक्रम बनाए जिससे रोजगार पाने के साथ रोजगार देने के योग्य भी हो सके

इसे आकाशवाणी दरदर्शन समाचार प्रधानमंत्री कार्यालय और सचना और प्रसारण मंत्रालय के य टयुब चैनलों पर भी देखा जा सकेगा